संविधान दिवस देशभर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है आज ही के दिन वर्ष उन्नीस सौ उनचास में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया इसे छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास से लागू किया गया इस अवसर पर संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और नागरिकों को अधिकारों के बारे में सोचते समय कर्तव्यों को भी सोचना चाहिए उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने जो सम्मान और मूल्य अर्जित किया है उसके लिए सभी देशवासी बधाई के पात्र हैं श्री कोविंद ने कहा कि केन्द्र और राज्यों के बीच संबंधों की मजबूती और आपसी तालमेल सहकारी संघवाद की दिशा में भारत की यात्रा में संविधान की गतिशीलता का उदाहरण है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि देश में स्वतंत्रता को सुरक्षित रखकर और मजबूत बनाया गया है उसे देखकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को निश्चय ही प्रसन्नता होती भारतीय संविधान की शक्ति और समग्रता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को विशेष महत्व दिया गया है यही हमारे संविधान की खूबी भी है बाईट प्रधानमंत्री आज के इस अवसर पर बीते सात दशक में संविधान की भावना को अक्षुण्य रखने वाली विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के सभी साथियों को गौरवपूर्वक स्मरण करता हूं नमन करता हूं

हमारे संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना गाइडिंग लाइक माना

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज संविधान दिवस की सत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर पहली बार आयोजित छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान यह घोषणा की मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के मूलभूत सिद्वांतों को जन जन तक पहुंचाने का एक अच्छा जरिया हमारे स्कूल हो सकते हैं स्कूलों में प्रार्थना के बाद हर महीने के पहले सोमवार को संविधान की प्रस्तावना दूसरे सोमवार को नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों तीसरे सोमवार को मूल कर्तव्यों और चौथे सोमवार को नीति निर्देशक तत्यों का पठन किया जाना चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संविधान देशवासियों के लिए महज कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी लोकतांत्रिक आस्थाओं का प्रतीक है वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से ही वर्ष दो हजार पंद्रह से संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई है उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान केवल कानून का ही दस्तावेज नहीं है बल्कि यह हमारी जीवनशैली संस्कृति संस्कार और राष्ट्र निर्माण के कठिन संघर्ष की जीवंत दास्तान है संविधान दिवस शपथ संविधान दिवस पर प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए मंत्रालय में आज प्रमुख सचिव सुब्रत साहू ने अधिकारियों कर्मचारियों को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई इसके अलावा पुलिस मुख्यालय पत्र सूचना कार्यालय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और आकाशवाणी केन्द्र रायपुर सहित विभिन्न शासकीय कार्यालयों और स्कूलों में भी संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई गई संविधान दिवस के मौके पर दुर्ग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई साथ ही स्कूलों में छात्रों में संविधान तथा मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता के लिए निबंध लेखन वाद विवाद प्रतियोगिता और व्याख्यान आयोजित किए गए संविधान दिवस पीआईबी संविधान दिवस के मौके पर आज रायपुर में मौलिक कर्तव्यों पर प्रबोधन विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोकसंपर्क कार्यालय द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में वक्ताओं ने भारतीय संविधान में निहित अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक तथा सचेत रहने पर जोर दिया संगोष्ठी में पीआईबी और आरओबी रायपुर के अपर महानिदेशक सुदर्शन पनतोड़े वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर सहित कॉलेज के विद्यार्थी और प्राध्यापक उपस्थित थे राज्यपाल कुलपति सम्मेलन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि विश्वविद्यालयों को भी चाहिए कि वे तक्षशिला और नालंदा जैसी गरिमा हासिल करें इसके लिए यह प्रयास करें कि उच्च शिक्षा सभी वर्गों तक गुणवत्ता के साथ पहुंचे राज्यपाल आज बिलासपुर में सेन्ट्रल जोन के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रही थीं उन्होंने उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने पर जोर दिया राज्यपाल ने कहा कि प्राध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों में यूनिफार्म सिस्टम बनाए जाने की आवश्यकता है उन्होंने इस अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन डिग्री देने की प्रणाली का शुभारंभ किया राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बधाई दी

उन्होंने कहा कि पच्चीस सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति बजट सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप देगी मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को पच्चीस सौ रूपये कैसे मिलेंगे इसे लेकर सबकी चिंता है लेकिन सरकार किसानों के साथ है उन्होंने कहा कि केन्द्र अपनी नीति के माध्यम से धान खरीदी को प्रभावित कर सकती है लेकिन राज्य सरकार को अपनी नीतियों से किसानों को पैसा देने से नहीं रोक सकती उन्होंने कहा कि खरीदी के अंतर की राशि किसानों के खातों में डाली जाएगी उन्होंने सदन में किसानों से केन्द्र की तय दर अट्ठारह सौ पंद्रह रूपये प्रति क्विंटल पर ही धान खरीदने की बात कही सदन में आज दूसरे अनुपूरक के लिए करीब चार हजार पांच सौ छियालीस करोड़ रूपये की अनुदान मांगों को मंजूरी दे दी गई मुख्यमंत्री ज्वेलरी पार्क मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि रायपुर में बनने वाला जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क मुम्बई कोलकाता और सूरत के बाद देश का चौथा बड़ा जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क होगा यह पार्क अपने आप में अनूठा तथा देश और दुनिया के आकर्षण का केन्द्र बनेगा मुख्यमंत्री आज रायपुर में सराफा एसोसिएशन द्वारा आयोजित अभिनन्दन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पार्क का निर्माण रायपुर के पुरानी गंज मंडी में लगभग दस लाख वर्ग फीट में किया जाएगा इसमें दस मंजिलें होंगी और दो हजार दुकानें बनेंगी यह भवन सर्वसुविधा युक्त होगा और यहां सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा मुख्य सचिव समीक्षा मुख्य सचिव आर पी मंडल ने राज्य में अवैध धान की बिक्री होने की स्थिति में धान खरीदी समितियों के दोषी अधिकारियों के साथ साथ जिले के संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं श्री मंडल ने कल राजधानी में रायपुर और दुर्ग संभाग के कलेक्टरों पुलिस अधीक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की हाथी ग्रामीण मौत महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में जंगली हाथी के हमले में दो ग्रामीणों की मौत हो गई है यह घटना बीती रात बांसकूड़ा गांव की है जहां ये ग्रामीण खलिहान में फसल की रखवाली कर रहे थे वन मंडलाधिकारी मयंक पांडे ने बताया कि घटना की खबर लगते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को सतर्क रहने की समझाइश दी गौरतलब है कि बीते चार वर्षों में सिरपुर क्षेत्र में हाथियों के हमले की बाईस से अधिक घटनाएं हो चुकी है जिसमें उन्नीस ग्रामीण मारे गए हैं

दो दिवसीय यह स्पर्धा बिलासपुर में अट्ठाईस नवंबर से शुरू होगी